् मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से टिड्डी हमलों को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की ् अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए देश के प्रमुख धार्मिक और राष्ट्रीय स्थलों से ले जाई जा रही है मिट्टी और पवित्र स्रोतों का जल ्र प्रदेशभर में आज रक्षा बंधन और विश्व संस्कृत दिवस मनाए जा रहे हैं

कोरोना से मृत्युदर घटकर दो दशमलव एक एक प्रतिशत रह गई है

नियंत्रण की प्रभावी रणनीतियों और क्लिनिकल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल में ठीक होने की दर में सुधार किया है साथ ही मृत्यु दर को भी कम किया है

कंपनी को तीसरे चरण का परीक्षण करने से पहले डाटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड द्वारा मूल्यांकन कियें गये सुरक्षा आंकडों को सीडीएससीओ को देना होगा

नई दिल्ली के सीताराम भारतीय जांच विज्ञान और अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ डॉक्टर अमरचन्द बजाज ने स्वच्छता के महत्व के बारे में बताया और से साफ सफाई रखने की बात कही

उन्हें इस पोर्टल पर यह शपथ पत्र भी देना होगा कि वे अनिवार्य रूप से चौदह दिन तक क्वारंटीन में रहेंगे इसमें से सात दिन के इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का भुगतान उन्हें खुद करना होगा सात दिन तक वे घर पर ही आइसोलेशन में रहेंगे

उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि देश में बड़े पैमाने पर इस वर्ष टिड्डियों का प्रकोप कई दशकों के बाद देखा गया है और सीमा पार से लगातार टिड्डी दलों का राज्य में प्रवेश हो रहा है ऐसे में फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है गौरतलब है कि केन्द्र सरकार ने टिडिडयों की रोकथाम के लिए पहली बार ड्रोन और हैलीकॉप्टर का इस्तेमाल शुरु किया जिससे राज्य के कई जिलों में इन पर प्रभावी नियंत्रण किया गया है

पांच अगस्त को होने वाले इस भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए हजारों की तादाद में कलश पहुंच रहे हैं श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जानकारी दी है कि श्री बद्रीनाथ धाम रायगढ़ के किले श्री रंगनाथस्वामी मंदिर श्री महाकालेश्वर मंदिर और हुतात्मा चंद्रशेखर आजाद तथा बिरसा मुंडा के जन्म स्थान के साथ ही अन्य अनेक पवित्र और राष्ट्रीय महत्व के स्थानों की मिट्टी और जल अयोध्या पहुंच चुका है इसके अलावा हल्दीघाटी रानी लक्ष्मीबाई और रानी दुर्गा के किले की मिट्टी और मानसरोवर गंगासागर तथा अन्य सागरों का जल भी पूजन हेतु पूजन हेतु पहुंच गया है इस मिट्टी और जल का इस्तेमाल राम मंदिर के निर्माण और भूमि पूजन के दौरान किया जाएगा

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अलग अलग चलाया जा रहा है जिससे देश में स्वच्छता के प्रति लोगों की धारणा बदली है

अब क्षेत्र की प्रमुख बागवानी फसल खुबानी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है जिससे खुबानी उत्पादक किसान बहत खुश हैं लद्दाख प्रशासन ने खुबानी की पैदावार विपणन और इसके लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा वित्तीय आवश्यकताओं के बारे में सुझावों के लिए एक समिति बनाई गई थी जिसकी सिफारिशों पर काम करना शुरू कर दिया है इस वित्त वर्ष में खुबानी को प्रोत्साहन देने के लिए दो प्रदर्शनी लगाई जाएंगी खुबानी की कई किस्म और प्रजातियां हैं लद्दाख में खुबानी की विश्व स्तरीय प्रजाति की खेती होती है जिसे दुनिया में सबसे मीठी किस्म माना जाता है लद्दाख के अलावा ख्बानी की खेती हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में होती है

इस मौके पर बहनों ने अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लम्बी उम्र की कामना की वहीं भाईयों ने बहनों को उपहार दिये

राज्य सरकार ने रक्षा बंधन के अवसर पर प्रदेश की सीमा में महिलाओं और बालिकाओं को रोडवेज की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य कांग्रेसी विधायकों ने जैसलमेर में महिला विधायकों से राखी बंधवा कर रक्षाबंधन का पर्व मनाया भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर के एक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों को रक्षा सूत्र बांधकर मास्क और सैनेटाइजर भेंट किये राखी के मौके पर करौली में पतंगबाजी भी की गई अजमेर के केन्द्रीय कारागृह में कैदियों की कलाइयां सुनी रहीं कोरोना के कारण सरकारी गाइडलाइंस की पालना में जेल प्रबंधन ने कैदियों की बहनों को प्रवेश नहीं दिया उधर झुन्झुन के शहीद इन्द्र सिंह की बहन किरन ने अपने भाई की मूर्ति को राखी बांधी श्रीगंगानगर में बहनों ने भाईयों को राखी बांधने के साथ ही मास्क और सैनेटाईजर भी भेंट किये जैसलमेर में बहनों ने भाईयों को हेल्मेट उपहार में दिये वहीं बीकानेर में कई स्वयंसेवी संस्थानों की ओर से डॉक्टर पुलिस और अन्य कोरोना योद्दाओं को रक्षासूत्र बांधे गये

इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने और इस को पढ़ने वाले सभी लोगों का धन्यवाद किया

केन्द्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा है कि भारत के वेद जैसे प्राचीन ग्रंथों की रचना संस्कृत में की गई थी उन्होंने कहा कि संस्कृत भाषा कई अन्य भाषाओं की जननी है आकाशवाणी की ओर से आज पहली बार संस्कृत भाषा में विशेष कार्यक्रम बहजन भाषा संस्कृत भाषा का प्रसारण किया गया इस अवसर पर सीकर सांसद स्वामी सुमेधानन्द सरस्वती ने भी पिपराली आश्रम में यज्ञ किया

पिछले दो तीन दिनों से कमजोर हुई मॉनसूनी गतिविधियों ने जोर पकड़ा और राजधानी जयपुर में सुबह मूसलाधार बारिश हुई जिससे मौसम खुशनुमा बन गया और लोगों ने तेज गर्मी से राहत महसूस की

बूंदी जिले के नैनवा इन्द्रगढ़ और तालेड़ा में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हुई